संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और कल केन्द्रीय बजट पेश होगा सत्र का पहला चरण अगले महीने की ग्यारह तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र के दौरान पैंतालीस विधेयक पेश किए जाने की आशा है वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक की उन्होंने सदन के संचालन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जनहित के विभिन्न विधेयक पारित कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा यह प्रसारण सुबह दस बज कर पचपन मिनट से आकाशवाणी समाचार की वेबसाईट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर एप पर भी उपलब्ध रहेगा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 पंशनभोगी कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए यह ऐतिहासिक फैसला किया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

संबंधित बैंकों को पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की याद दिलाते हुए प्रत्येक वर्ष चौबीस अक्तूबर एक नवम्बर पन्द्रह नवम्बर और पच्चीस नवम्बर को एसएमएस या ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया है पटना में पिछले वर्ष सितम्बर महीने में हुई बारिश के बाद भीषण जल जमाव की उत्पन्न स्थिति के कारणों की जांच के लिए विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों की गलती के कारण पटना में भीषण जल जमाव हुआ था और कई इलाके डूब गये थे जांच में तत्कालीन नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन और ब्डको के प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिंह के बीच समन्वय की कमी को भी प्रमुख कारण मानते हुये दोनों पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है साथ ही नाला उड़ाही और सम्प हाउस की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की बात भी सामने आई है रिपोर्ट में कहा गया है कि नाला उड़ाही में पटना नगर निगम के कर्मियों ने भारी लापरवाही बरती शहरों में स्वच्छता की स्थिति बेहतर करने की जिम्मेदारी अब संबंधित सांसदों की भी होगी केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सांसदों की एक समिति का गठन किया है इस समिति को समक्ष सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर किये गये कामों का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा देशभर के बैंक कर्मी आज से दो दिनों की हड़ताल पर रहेंगे वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के बीच वार्ता के विफल होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है बैंकों की हड़ताल के कारण एटीएम सेवाओं के भी प्रभावित होने की आशंका है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अस्पताल में आने वाले साधारण मरीजों को अब निजी अस्पताल रेफर नहीं किया जायेगा इस संबंध में ईएसआईसी मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है आदेश के अनुसार दांत हर्निया प्रसव सर्जरी हृदय रोग और अन्य बीमारियों की स्थिति में मरीजों को सरकारी अस्पताल रेफर किया जायेगा वहीं अति विशिष्ट सेवा जैसे हृदय सर्जरी कैंसर किडनी न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी जैसे मामलों में जरूरत के अनुसार मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जायेगा ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के पास बिजली के निजीकरण का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई कार्य योजना पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान में एक समारोह को संबोधित करते हुये श्री यादव ने कहा कि ऊर्जा राज्य का विषय है और इस पर कोई भी फैसला राज्य सरकार ही लेगी उन्होंने बिजली कर्मियों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है जिस कारण मौसम साफ रहेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दिन चढ़ने के साथ अच्छी ध्रप खिलेगी हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा साथ ही सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का चयन ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए किया गया है केन्द्र सरकार का यह पुरस्कार जन केन्द्रित ई गवर्नेस सेवाओं के लिए दिया जाता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि प्रसार शिक्षा के लिए फिल्मों का निर्माण किया है जिसे सोशल साईट यू ट्यूब पर करोड़ों बार देखा जा चुका है नालंदा जिले के हरनौत थाना परिसर से चार पुलिसकर्मियों और एक चालक को तीन कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में दो हवलदार दो सिपाही और एक निजी चालक है उन्होंने कहा कि इस बात की जांच चल रही है कि शराब क्यों छुपाई गयी थी प्रदेश के चर्चित पाठ्य पुस्तक घोटाले की जांच अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीआईजी रविन्द्र कुमार करेंगे ब्यूरो के एडीजी सुनील कुमार झा ने यह जानकारी दी पहले इस घोटाले की जांच एसपी स्तर के एक अधिकारी कर रहे थे चार साल बाद भी मामले के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है रेलवे के ई टिकट की कालाबाजारी कर आतंकी संगठनों को पैसा उपलब्ध कराने वाले गिरोह के एक सदस्य उत्तम कुमार को वैशाली जिले के लालगंज से गिरफ्तार किया गया है

मूजफ्फरपूर जिले के अहियापूर थाना क्षेत्र अन्तर्गत जीरोमाईल चौक के पास अपराधियों ने एक प्रोपर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या कर दी

जमुई जिले के भजौर गांव के पास एक चार पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गयी पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के काजी मोहल्ला में पुलिस ने छापेमारी कर एक नकली डीजल बनाने वाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है मौके से चालीस ड्रम तेल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र अन्तर्गत धरीक्षण मोड़ के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक आभूषण कारोबारी से लगभग साढ़े बारह लाख रूपये का सोना लूट लिया पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में सम्पन्न रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार और मेघालय के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ खराब मौसम के कारण कल अंतिम दिन सिर्फ बत्तीस ओवर का खेल हो सका वहीं दूसरी ओर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे सीके नायडू अन्डर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी खराब मौसम का असर दिखा दूसरे दिन मात्र इक्कीस ओवर का खेल हो सका कल का खेल समाप्त होने तक बिहार की टीम ने पांच विकेट पर चार सौ सत्रह रन बना लिये थे उत्तर प्रदेश के चंदौली में आयोजित पैंसठवीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के अन्डर फोर्टिन आयु वर्ग में भोजपुर जिले के धीरज ने स्वर्ण पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज से सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है दिल्ली के जामिया इलाके में एक उन्मादी ने सीएए के खिलाफ मार्च कर रहे छात्रों पर गोली चलाई दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सरकार सीएए सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार प्रभात खबर ने लिखा है पीएमसीएच में भर्ती छात्रा में नहीं मिला कोरोना वायरस दैनिक भास्कर लिखता है पटना हाजीपुर रेलखंड पर हर आधे घंटे में मेमू ट्रेन दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने सरस्वती पूजा से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र